मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी है इसका विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में भविष्य का लॉजिस्टिक हब है देश के मध्य में होने के कारण हमारा प्रदेश संभावनाओं से परिपूर्ण है इंदौर कार्गो हब प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा

मुख्यमंत्री ने विदेश जाने वाले एक पार्सल को प्रतीकात्मक रूप से भेज कर आज से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की शुरुआत की

यह मध्य प्रदेश ही नहीं देश का तेजी से बढ़ता हुआ शहर है यहाँ का सेवा भाव और संस्कार अद्भुत हैं आज इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है

ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्तशासी निकाय केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति भंडार तैयार ऑक्सीजन की खरीद करेंगे

जिन अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाने हैं उनका चयन संबंधित राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की सलाह से किया गया है प्रदेश कोविड प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने की संख्या में भी वृद्धि हो रही है

केन्द्र बर्डफ्लू केन्द्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्डफ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है

केन्द्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाएं उनसे यह भी कहा गया है कि वे बर्डफ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इसपर निगरानी रखें राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे इस बारे में वन विभाग से भी सम्पर्क स्थापित करें अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में सतर्कता बरते और आवश्यक उपाय के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करें हालांकि इस रोग के मनुष्यों में फैलने की कोई सूचना नहीं है

पशुपालन विभाग राज्य में पहले ही बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी कर चुका है

इस दौरान तात्या टोपे की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर शहीद तात्या टोपे को श्रद्दांजलि दी गई